केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र व किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता है आज लोकसेवा प्रसारण दिवस पर नई दिल्ली में आकाशवाणी पब्लिक ब्रोडकास्टिंग अवार्ड की घोषणा की गई बिलासपुर में पिछले एक सप्ताह से चल रहा कपाल मोचन मेला आज कार्तिक पूर्णिमा स्नान के साथ सम्पन्न हुआ राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि ग्रू नानक देव जी प्रेम शांति सदभावना समानता दया व धार्मिक सहनशीलता के अग्रद्वत थे

उन्होंने कहा कि ग्रू जी एक धर्म और क्षेत्र के न होकर पूरे विश्व की सांझी धरोहर है श्री कोविंद के सथ पंजाब के राज्यपाल वी पी सिंह बदनौर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सम्मेलन में शिरकत की पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने उनका स्वागत किया आज श्री ग्रू नानक देव जी की जयंती पर राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि ग्रू नानक देवी जी की शिक्षायें पूरी मानवता को प्रेम करूणा बराबरी और सामांजस्य का संदेश देती है उन्होंने कहा कि ग्रू नानक देव जी ने ज्ञान का प्रकाश फैलाकर सभी को भैदभाव और रस्मों रिवाज़ से मुक्त होकर सभी के हित के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया श्री ग्रू नानक देव जी ने महिलाओं का आदर करने पर भी बल दिया उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायड्र ने अपने संदेश में कहा कि श्री गुरू नानक देव जी ने आम जन के लिए धार्मिक सत्यों की सरल रूप में समझाते हये धर्म का बखान किया उन्होंने रस्मों और अंधविश्वासों को नाकारते हये परमात्मा के प्रति श्रद्वा भाव का संदेश दिया उन्होंने कहा कि ग्रू नानक देवी जी ने संतृष्ट एवं सम्पन्न जीवन जीने के लिए करूणा एवं नैतिकता की राह दिखाई

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरू नानक देवी जी भारत की समृद्व परम्परा के अनूठे प्रतीक है और उनकी शिक्षायें मानवता की सेवा की प्ररेणा देती है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दवारा ग्रू नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर करतारपुर गलियारा देशवासियों को समर्पित करना ग्रू नानक देवी के प्रति सच्ची श्रद्वाजंलि है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्रू नानक देव जी ने लोगों को सत्य धर्म और करूणा की राह दिखाई और सेवा को सर्वोपरि बताया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रू साहब के प्रकाश पर्व की लोगों को हार्दिक बधाई दी है और कहा कि ग्रू नानक देव जी द्वारा स्थापित किये गये आदर्श आज भी प्रासंगिक है और आने वाली पीप्रियों को भी प्रेरित करते रहेंगे

दीवान सजायें गये है वहीं प्रकाश पर्व के मौके पर आज जगह जगह लंगर भी चलाया गया हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने ग्रू नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर प्रसिद्व नाडा साहिब ग्रूद्वारा में शीश नवाया और समस्त प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की

हरियाणा भाजपा के प्रभारी व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्टी नेताओं से मिलकर मंत्रिमंडल का फार्मूला तय करेंगे वे रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के आवास पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में दोनों जगह भाजपा को बह्मत मिला है भाजपा का दोनों ही जगह वोट प्रतिशत बढ़ा है

गठबंधन पर विपक्ष के सवाल उठाने पर भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हरियाणा में विपक्ष के पास क्छ नहीं है

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान सदन में की गई घोषणा के अन्रूप राज्य सरकार ने गांवों में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र और किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता आज नई दिल्ली में ग्रामीण एवं कृषि किसान के छठे विश्व दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करते हये उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में केसर और अखरोट के किसानों को सेब के किसानों के समान मदद मिलेगी मंत्री ने कहा कि लद्दाख में भी कृषि की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जायेगा क्योकि वे सौर ऊर्जा मे सक्षम है उन्होंने बतायाकि सरकार सभी किसान क्रेडिट कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर धयान केन्द्रित कर रही है जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए स्धारक कदम है आज लोकसेवा प्रसारण दिवस मनाया गया

इस उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में प्रसारण भवन के प्रांगण में एक समागम आयोजित किया गया बापू जी के भजनों पर आधारित एक रंगारंग कार्यक्रम भी हआ सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हये राष्ट्र के लोकसेवा प्रसारक के तौर पर पर आकाशवाणी की भूमिका की सराहना की उन्होंने इस मौके पर आकाशवाणी जस्मू और शिमला दवारा प्रसारित रेडियो कार्यक्रम के लिए दो आकाशवाणी पब्लिक ब्रोडकास्टिंग अवार्ड की घोषणा भी की आकाशवाणी के महानिदेशक फैयाज़ शहरयार सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुये यमुनानगर के बिलासपुर में चल रहे कपाल मोचन मेले में बीती रात से कार्तिक पूर्णिमा स्नान शुरू हुआ ऋण् मोचन आदि सरोवरों में लोगों ने स्नान किया

मेले के मुख्य प्रशासक मुकुल कुमार के अनुसार बुधवार को स्थानीय लोगों के लिए मेला चलेगा वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्वालुओं ने यमुना में भी ड्बकी लगा पूजा अर्चना की